मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग के उदघाटन समारोह की तैयारियों का लिया जायज़ा प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के आज दो वर्ष पूरे योजना से अब तक डेढ़ करोड़ से अधिक लोग हुए लाभान्वित

फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया जा रहा है ऑनलाइन बातचीत में प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए स्वयं की फिटनेस यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगे इस दौरान पोषण स्वास्थ्य और फिटनेस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गये इस जन आंदोलन का उद्देश्य फिट इंडिया संवाद के जरिये देश के नागरिकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है

इस दौरान प्रधानमंत्री का जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज लाहौल घाटी में प्रधानमंत्री के ठहरने व जनसभा स्थल का जायजा लिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टनल से लाहौल घाटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और अब यहां वर्षभर लोगों को आवाजाही की सुविधा मिलेगी

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस ऐतिहासिक मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र सहित मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के लिए परम्परागत लाहौली व्यंजन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए

परमार ने कहा कि सुलाह में संयुक्त कार्यालय परिसर और फार्मेसी कॉलेज भी बनाया जाएगा

उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में विद्युत विभाग में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा ताकि लोगों की विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के आज दो वर्ष पूरे हुए हैं

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क ईलाज का प्रावधान है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हषवर्धन ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि ये योजना देश के गरीबों के लिए मददगार साबित हुई है उन्होंने कहा कि ये योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और इससे पिछले दो वर्षों के दौरान डेढ़ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इलाज की सुविधा मिली है आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के भी दो सौ अस्पताल पंजीकृ त हैं प्रदर्शनी भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो शिमला द्वारा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ के सहयोग से महात्मा गांधी के जीवन व उनके संघर्ष पर आधारित एक लघु चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया शिमला के लौंगवुड स्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन निदेशालय जनगणना संचालन हिमाचल प्रदेश के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने किया

उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से महात्मा गांधी के मूल्यों सिद्वांतों स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और संघर्ष को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है रणधीर शर्मा प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में पारित किए गए बिल देश के किसानों की दशा और दिशा बदलने वाले हैं शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि किसान अब अपनी इच्छा के मुताबिक फसलों को बेच सकेंगे और उन्हें एक ही मण्डी में अपनी फसल बेचने की आवश्यकता नहीं है रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही किसान विरोधी रही है और केन्द्र सरकार के सकारात्मक कार्यों से भयभीत है हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चम्बा ज़िले में चुराह विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान आज चीह पंचायत में बनने वाले प्रधानमंत्री आदर्श गांव गुवाड़ी की आधारशिला रखी

हंसराज ने कहा कि इस गांव को एक मॉडल गांव बनाया जाएगा और इसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं सुक्खू ने अस्पतालों में दाखिल कोरोना मरीज़ों की काउंसलिंग करवाने का भी सुझाव दिया है जगत नेगी किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार पर जनजातीय क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया है रिकांगपिओ में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए गठित परियोजना सलाहकार समिति की बैठक न होने से क्षेत्र के विकास के लिए धन समय पर उपयोग नहीं किया जा रहा है